श्री मोदी ने मेरा ब्रथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत करौली धौलपुर के अलावा रायपुर मैसूर दमोह और आगरा के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार सभी विरोधों के बावजूद आम जनता के लिए पर निरंतर कल्याणकारी कार्य करती रहेगी

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के मामले में केन्द्र सरकार और राज्य की वसुंधरा सरकार विफल रही है

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार में शुरू की गयीं कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया

बीकानेर आने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जयपुर में यूथ कांग्रेस की बैठक में भाग लिया भाजपा जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के आरोपों को बेब्नियाद बताया है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने श्री गांधी के आरोपों पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले साढे चार साल में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में वसुंधरा सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐतिहासिक काम किये हैं

इधर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं आज कोटा में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है

उन्होंने इस रैली में लाखो लोगो के आने का दावा करते हुए कहा कि नई पार्टी बनने के बाद समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों के साथ तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाएगा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विरोध करने वाली पार्टियों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से जनता के साथ धोखा किया है इसलिए उनका मकसद चुनाव में इन दोनों को हराना है उन्होंने कहाकि भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले घनश्याम तिवाड़ी उनके सम्पर्क में हैं और नई पार्टी बन जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस की खिलाफत करने वाले हर दल को तीसरे मोर्चे से जोड़ने का प्रयास रहेगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तदाता जागरूकता के लिए स्वीप अभियान भी चलाया जा रहा है

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केन्द्र सरकार को इस सौदे को अंतिम रूप देने वाली निर्णय प्रक्रिया को पूरा ब्यौरा एक सीलबंद कवर में देने को कहाहै इस याचिका में फांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा रिलायंस को दिए गए ठेके की जानकारी भी मांगी गई है

श्री सराफ ने आज वायरस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि जीका वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पूरे उपाय किए हैं और इसके लिए दो सौ टीमें काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को पूरा इलाज मुहैया कराया जा रहा है

श्रीमती गांधी ने एक निजी टीवी चैनल से कहा कि इस मुद्दे पर महिलाए बोलने सेबचती है लकिन अब वे बोल रही है तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख माता मंदिरों में भी मेले आयोजित किये जा रहे है आज से नौ दिन तक मंदिरों में भक्ति और अराधना के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे आज से ही जगह जगह रामलीला का मंचन भी शुरू हो जायेगा वहीं डांडिया और गरबा महोत्सव के आयोजन भी आज से ही शुरू होंगें नागौर स्थित करणी माता मेंदिर गोठ मांगलोद स्थित दधिमति माता मंदिर परबतसर स्थित किनसरिया माता मंदिर भवाल स्थित भवाल माता मंदिर सहित जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड लगी हई है सवाईमाधोपुर में चौथ को बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में आज सुबह मंगला आरती के बाद घट स्थापना की गई

बाड़मेर जिले के वीरातरा मंदिर में इस मौके पर विशेष सजावट की गई है

इस अवसर पर सवाईमाधोपुर में शोभायात्रा निकाली गई अग्रसेन जयंती पर धौलपुर में झांकियां निकाली गई